राज्यपाल ने रक्षा मंत्री से अरुणाचल प्रदेश पर भारतीय वायु सेना का बकाया दो सौ अस्सी करोड़ बासठ लाख रुपए को माफ करने का अनुरोध किया श्री मिश्रा ने प्रदेश के लोगो की आकांक्षाओ को पूरा करने रिक्त पदो पर जल्द भर्ती करने का अनुरोध किया रश्रा मंत्री ने राज्यपाल की मांगो पर विचार करने का आश्वासन दिया है श्री मिश्रा ने पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जितेंद्र सिंह से मिलकर काँडर तथा राज्य से संबंधित अन्य मुद्दों पर विस्तृत विचार विमर्श किया एक अधिकारिक विज्ञप्ति में बताया गया है कि राज्यपाल ने राज्य सरकार की मांग दोहराई कि राज्य के पास अपना अलग भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का काँडर होना चाहिए यह मांग राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांड्र भी उठा चुके है फिलहाल अरुणाचल प्रदेश एजीएमयूटी काँडर का हिस्सा है इसमें अरुणाचल प्रदेश मिजोरम और गोवा शामिल है

विधायक जिक्के ताको ने आज निरजुली स्थित आईएसबीटी से पहली बार ताली के लिए सुमो सेवा का शुभारंभ किया उन्होंने राज्य के परिवहन मंत्री नाकप नालो के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अब दूर दराज के ताली क्षेत्र के लोगो को सस्ती परिवहन सेवा उपलब्ध होगी इस अवसर पर परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ग्यामर तादक ने कहा कि सड़क की स्थिति में सुधार होने पर ताली के लिए वाहनों की संख्या में बढ़ोत्तरी की जायेगी

आज नई दिल्ली में संवाददाताओ से बातचीत में श्री जावडेकर ने कहा कि अप्रैल दो हजार बीस से दिल्ली में बीएस छह मानदंडों का पालन करने वाले वाहन उपलब्ध हो जाएंगे उन्होंने लोगो से पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए त्यौहारों के दौरान ग्रीन पटाखे का उपयोग करने की अपील की

इस अवसर पर ब्रिगेडियर मिलन माथुर ने एनसीसी कैडट्स से प्रशिक्षण को गंभीरता से लेने और देश हित में काम करने को कहा उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय कैडेट कोर के युवा प्राकृतिक आपदा में सहायता और जनजागरुकता में भी अपना योगदान दे रहें है श्री माथुर ने कहा है कि प्रदेश के सात जिलों से आये इन कैडेट्स को ड्रिल हथियार चलाने सहित आवश्यक प्रशिक्षण दिया जा रहा है

स्थानीय विधायक तानिया सोकी ने कहा कि इस विद्यालय में पढ़ने वाले अनेक छात्र वर्तमान समय में उच्च पदों पर है और उनकी सेवाओ से इस विद्यालय का कायाकल्प किया जा सकता है श्री लोकी ने नगरीय क्षेत्र में चल रही विभिन्न विकास परियोजनाओ के बारे में भी जानकारी दी

यह दंत चिकित्सा से जुड़ी जानकारी और ज्ञान पर आधारित पहला राष्ट्रीय डिजीटल प्लेटफॉर्म है इसके शुरु होने से एक क्लिक के साथ ही सौ करोड़ से भी ज्यादा लोगो को दंत चिकित्सा के बारे में तुरंत जानकारी उपलब्ध होगी आज नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में डाक्टर हर्षवर्धन ने दिव्यांगो के लिए ब्रेल पुस्तिका और ध्वनि चित्र का भी लोकार्पण किया इस मौके पर डाक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि एक अच्छे जीवन के लिए दांतों की देखभाल बहुत जरुरी है

इस दिन महिषासुरमर्दिनी के रुप में भगवती दुर्गा की अर्चना की जाती है यह बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महानवमी के अवसर पर लोगो को बधाई दी है अपने ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि माँ सिद्धिद्रात्री का आशीर्वाद समाज की बेहतरी के लिए बना रहेगा अरुणाचल प्रदेश में भी महानवमी धार्मिक आस्था और उल्लास से मनायी जा रही है राजधानी क्षेत्र के ईटानगर नाहरलगुन और निरज़ुली में स्थापित दुर्गा पंडालों में बड़ी संख्या में लोग माँ द्रर्गा के दर्शन करते हुए देखे गए

दापोरिजो में स्थित स्टेडियम में स्थानीय लोग स्वस्थ रहने के लिए खेलते और व्यायाम करते हुए नजर आते है